सैंकड़ों होटल कारोबारियों सहित अन्य उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल का भुगतान न करने से बिजली बोर्ड को करोड़ों का नुकसान और राज्यपाल के साथ कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई धक्का मुक्की के मुद्दे पर सदन में आज फिर हुआ हंगामा

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सुविधा का लाभ उठाने के चलते प्रदेश पर कर्जो का बोझ नहीं बढ़ा उन्होंने कहा कि कोविड काल में राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुईं इसके बावजूद प्रदेश के हर वर्ग को सरकार ने राहत दी और अब हम आर्थिक मंदी की दौर से बाहर निकलने लगे हैं

अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन में दो वित्त विधेयक भी पेश किया जिसे सदन ने मंजूरी दे दी

प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक आशा कुमारी द्वारा पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा उन्होंने कहा कि आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को पंप ऑपरेटर फिटर बेलदार डाटा ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन के पद पर रखा जाएगा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक नरेंद्र ठाकुर के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कालेजों में शुरू की गई स्वयं पोषित योजना से जुटाई गई राशि को अन्य जगह खर्च करने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज सदन में उनके साथ कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद हंसराज ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा कि सदन के भीतर उनके साथ विक्रमादित्य सिंह द्वारा किया गया व्यवहार निंदनीय है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जाए हंसराज ने कहा कि आज जिस तरह से विक्रमादित्य ने पूरे सदन के सामने उनके साथ दुर्व्यवहार किया इस घटना के बाद उनके जीवन को खतरा पैदा हो गया है प्वाइंट ऑफ आर्डर विधानसभा परिसर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई धक्का मुक्की के मुद्दे पर आज भी सदन में हंगामा हुआ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित पांच विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबत करने के मुददे को सदन की बैठक आरंभ होते ही कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के माध्यम से उठाया सुक्खू ने राज्यपाल के साथ घटित घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कांग्रेस विधायकों को निर्दोष करार देते हुए उनका निलंबन वापिस करने की मांग की सुक्खू ने ये भी कहा कि यदि सरकार कांग्रेस विधायकों का निलंबन वापिस नहीं करती है तो कांग्रेस सदन नहीं चलने देगी उन्होंने कांग्रेस विधायकों के निलंबन में पिक एंड चूज का आरोप भी लगाया इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की नहीं की उन्होंने कहा कि इसकी सही तस्वीर जानने के लिए घटना के सभी वीडियो और फोटो सदन में दिखाए जाएं इसी मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि राज्यपाल के साथ घटी घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों से राज्यपाल से बिना शर्त माफी मांगने को कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है चाहे वह विपक्ष के सदस्य हों या सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके तमाम मंत्रिमण्डल और विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से माफी मांगी है और सरकार इस घटना को लेकर शर्मिंदा है मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर अपनाते हुए कहा कि राज्यपाल के साथ जो हुआ है वह माफी के काबिल नहीं है विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहा लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों के शोरगुल और हंगामे के कारण वह अपनी बात नहीं रख सके बाद में विपक्ष के शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा की इस पर पूरा विपक्ष सदन से नारे लगाते हुए वॉकआउट कर गया अभिभाषण चर्चा प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर सदन में आज से चर्चा आरंभ हुई भाजपा के राजीव बिंदल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और अभिभाषण के लिए राज्यपाल का आभार जताया बिंदल ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते हुए राज्यपाल के साथ विधानसभा परिसर में हुई धक्का मुक्की की घटना को शर्मशार करने वाला बताते हुए कहा कि पूरे देश में इस घटना को लेकर हिमाचल की छवि खराब हुई है उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सदन में जो व्याख्यान दिया है वह सत्य पर आधारित है झुठ का पुलिंदा नहीं है बिंदल ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जयराम ठाक्र सरकार ने काबिले तारीफ कदम उठाए हैं मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकास को रुकने नहीं दिया बरागटा ने सरकार की अनेक योजनाओं का भी उल्लेख किया और सरकार की कार्यप्रणाली को सराहा चर्चा में विधायक बलवीर सुभाष ठाकुर विक्रम जरयालराजेश ठाक्र और पमरजीत सिह पम्मी ने भी भाग लिया मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश विधानसभा परिसर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ बजट सत्र के पहले दिन हुई घटना पर सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए कांग्रेस के पांच विधायकों का विधानसभा परिसर में गेट के बाहर धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा इस दौरान कांग्रेस के सभी विधायकों ने सत्र आरंभ होने से पहले विरोध प्रदर्शन भी किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए राज्यपाल प्रकरण के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया अग्निहोत्री ने कहा कि सदन का संचालन करना सरकार की जिम्मेवारी है लेकिन सरकार की मंशा सदन चलाने की है ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास जनता के ज्वलंत मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है ऐसे में सरकार राज्यपाल प्रकरण की आड़ में जवाबदेही से बचना चाह रही है